प्रधानमंत्री ने कल शाम नोवल कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की इसमें जांच सुविधाओं को और बढ़ाने के साथ ही भारत की तैयारियों को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई प्रधानमंत्री मोदी ने नोवल कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए कार्य प्रणाली तैयार करने में लोगों स्थानीय समुदायों और संगठनों को सक्रिय रूप से शामिल करने पर जोर दिया है उन्होंने अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों से भी आग्रह किया कि वे भावी उपायों पर विचार विमर्श करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिये एकजुट होकर प्रयास करने की अपील की है अपने वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री ने लोगों से अपने हाथों को साबुन और साफ पानी से बार बार धोने और साफ सफाई का विशेष ख्याल रखने को कहा है श्री योगी ने कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकार कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिये हर सम्भव कदम उठा रहीं हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा के लिए बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करने की सलाह दी है मंत्रालय ने लोगों से बड़ी संख्या में एकत्र न होने और सामूहिक आयोजनों में शामिल होने से बचने को कहा है खांसी और बुखार होने की स्थिति में अन्य लोगों के निकट संपर्क में न आने की सलाह दी गई है हाथों को अच्छी तरह धोए बिना आंख नाक और चेहरे का स्पर्श न करने को कहा गया है लोगों से सार्वजनिक स्थलों पर न थूकने के निर्देश का कड़ाई से पालन करने को भी कहा गया है साद्न और पानी से बार बार हाथ धोने तथा खांसते छींकते समय नाक और मुंह पर रुमाल या टिशू पेपर रखने का भी परामर्श दिया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने संक्रमण के बारे में पूछताछ के लिए टोल फ्री नंबर एक शून्य सात पांच जारी किया है प्रदेश सरकार ने भी हेत्यलाइन नम्बर जारी किया है यह नम्बर है एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य पांच एक चार पांच

कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमण के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए इन नम्बरों पर सम्पर्क कर सकता है गोरखपुर जिले के कन्ट्रोल रूम का नम्बर है शुन्य पांच पांच एक दो दो शुन्य पांच एक चार पांच

देवरिया के मुख्य चिकित्साधिकारी के मोबाइल नम्बर आठ शुन्य शुन्य पांच एक नौ दो आठ तीन पांच पर भी संपर्क किया जा सकता है महराजगंज कन्ट्रोल रूम का नम्बर है सात पांच एक आठ पांच दो छः सात सात दो महराजगंज के मुख्य चिकित्साधिकारी का मोबाइल नम्बर है आठ शून्य शून्य पांच एक नौ दो छः सात आठ क्शीनगर के मुख्य चिकित्साधिकारी के मोबाईल नम्बर आठ शून्य शून्य पांव एक नौ दो छः सात चार पर भी कोरोना संक्रमण से जुड़ी कोई भी जानकारी दी जा सकती है कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश भर में कई उपाय किए जा रहे हैं वाराणसी में दशाश्वमेघ घाट पर प्रतिदिन शाम को होने वाली गंगा आरती का स्वरूप छोटा किया गया है और गंगा आरती में श्रद्वालुओं के शामिल होने पर इकत्तीस मार्च तक रोक लगा दी गई है गंगा आरती की आयोजक संस्था गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्र ने बताया कि जिला प्रशासन ने एक स्थान पर बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक के मद्देनजर यह फैंसला लिया है मिर्जाप्र स्थित विन्ध्याचल धाम के गर्भ गृह में श्रद्वाल्ओं का प्रवेश बंद कर दिया गया है रेलवे स्टेशनों पर भीड़ कम करने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने प्लेटफार्म टिकट का मूल्य दस रूपये से बढ़ाकर पचास रूपये कर दिया है पीलीभीत में जिला प्रशासन ने साप्ताहिक मंगल बाजार पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना जागरूकता श्रृंखला पर परिचर्चा प्रसारित करेगा श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से अपने प्रश्न टोल फ्री नम्बर एक आठ शुन्य शुन्य एक एक पांच सात छः सात पर पूछ सकते हैं हमारे टेलीफोन नम्बर शुन्य एक एक दो तीन तीन एक चार चार चार पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं यह कार्यक्रम आज रात साढ़े नौ बजे से एफ एम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है कार्यक्रम हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट कॉम और यू द्यूब चैनल न्यूज ऑन ए आई आर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा अयोध्या में पटरगा के पास आज सुबह कोलकाता जम्मूतवी सियालदह एक्सप्रेस का इंजन पटरी से उतर गया इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है दुर्घटना के कारण इस रेलखण्ड पर ट्रेनों का आवागमन बाघित हुआ है